म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि सोलर और विंड पावर की तरह ऊर्जा उत्पादन की यह विधि राज्य की नहरों और नदियों के अनुकूल होगी उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों में इस प्रकार के फ्लोटिंग टरबाइन ऊर्जा उत्पादन के साथ ही खेतों की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में मददगार हो सकें इसकी भी संभावनाएं तलाशी जाएं इससे वर्षा जल पर आधारित खेतों की सिंचाई की निर्भरता कम होगी मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्थानीय लोगों को भी प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत बताई उन्होंने अधिकारियों को नदियों और नहरों की क्षमता के उपयोग लागत का भी आधुनिक तकनीकी दक्षता के साथ आकलन करने को कहा है वर्चअल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किये सेवा कार्यो की विभिन्न वर्च्अल समीक्षा की उत्तराखंड भाजपा म्ख्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के उद्घबोधन को सुना कार्यक्रम के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी और देवेंद्र भसीन ने कहा कि कोरोना महामारी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जन सेवा की है वो द्रसरों के लिए आदर्श बना है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेवा कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिये हैं वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेहतर कार्य किया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार जनसेवा से जुड़े कार्यो की समीक्षा कर रहे हैं

इससे नए मरीजों को भर्ती करने में स्विधा होगी उन्होंने यह भी बताया कि कोविड वार्ड में पहले एक ही आईसीयू था लेकिन अब कोरोना संक्रमित गंभीर स्थिति के मरीजों के लिए एक और गहन चिकित्सा यूनिट स्थापित की गयी हैं

वहीं कोविड केयर सेंटर से भी सभी मरीज स्वस्थ्य होकर अपने घरों को लौट चुके हैं जिसके बाद टिहरी जिला कोरोना म्क्त हो गया है

जिनमें से दो लोगों की विभिन्न कारणों से मौत हो गई थी और उनमें कोरोना के भी लक्षण मिले थे एडीएम शिवचरण दवेदी ने बताया कि रविवार को जिले में कोई भी कोरोना पॉजीटिव केस नहीं मिला है तीन मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए

मौसम प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश से आम जन जीवन प्रभावित हुआ है नैनीताल जिले के कोश्याक्टोली में आज स्बह नदी पार करते समय तीन महिलाएं बह गई बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हआ था समाचार दिए जाने तक एसडीआरएफ ने दो महिलाओं के शव बरामद कर लिये हैं वहीं बागेश्वर में तेज बारिश के कारण सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है

बारिश के कारण जिला मुख्यालय सहित कई जगह दूरसंचार पानी और बिजली की आपूर्ति प्रभावित हई है हालांकि कई जगह बंद पड़े बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है इस बीच राज्य में बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा

गुरू पूर्णिमा प्रदेशभर में आज ग्रु पूर्णिमा का पर्व परंपरागत ढंग से श्रद्वा भक्ति के साथ मनाया गया कोरोना की वजह से इस वर्ष यह पर्व सादगी और निर्धारित मानकों का पालन करते हए मनाया गया राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार के कनखल पहुंचकर जगतग्रु श्री राज राजेश्वरानंद महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को ग्रू पूर्णिमा की बधाई दी है म्ख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व हमें अपने ग्रूओं के प्रति आस्था प्रकट करने का स्मरण कराता है यह दिन चारों वेदों के रचयिता और महाभारत जैसे कालजई रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है उन्होंने कहा कि ग्रू पूर्णिमा का पर्व अपने ग्रूओं एवं बड़ो का आर्शीवाद प्राप्त करने का भी अवसर होता है कांवड़ चौकसी कोरोना के कारण कांवड़ मेले पर प्रतिबंध के बाद राज्य की सीमाओं पर चैकसी बढ़ा दी गई है सीमाओं पर आने जाने वाले लोगों की जांच और पूछताछ की जा रही है

वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर का कहना है कि कांवड़ मेले पर प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हए अब हरिदवार जिले के सभी प्रवेश मार्गों पर नाकेबंदी की जा च्की है उन्होंने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों ग्राम प्रधानों और स्वयं सेवकों के मदद से हरिद्वार जिले की सभी सीमाओं पर चैकसी बढ़ा दी गई है बिना किसी कारण के हरिद्वार जिले में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी हाल ही में हरिद्वार जिला प्रशासन ने कांवड़ मेले पर प्रतिबंध को लेकर पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में आपसी सहमति बना ली थी इसके तहत अब इन राज्यों से कोई भी कावड़ यात्री उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकेगा माता सीता मंदिर पौड़ी जिले के फलस्वाड़ी गांव में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने के लिए म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रस्ट के गठन की अन्मति दे दी है

ट्रस्ट में शेष सदस्यों के तौर पर पौड़ी क्षेत्र के क्छ जनप्रतिनिधि विभिन्न विशेषज्ञों और अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा वहीं प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने म्ख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया है ट्रस्ट के गठन की घोषणा पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि शीघ्र ही ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना इस स्थल को सीता माता सर्किट के माध्यम से धार्मिक पर्यटन के पटल पर लाने की है आईएसबीटी निरीक्षण म्ख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ पराग मध्कर धकाते ने नैनीताल जिले के हल्दवानी में ओपन यूनिवर्सिटी के पास प्रस्तावित आईएसबीटी स्थल का परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को आईएसबीटी की जमीन के क्लीयरेंस के लिए जल्द ऑनलाइन प्रोसेस श्रू करने के निर्देश दिए